नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और आठ अप्रैल तक नाम वापिस लिये जा सकेंगे

निर्वाचन विभाग के अनुसार बाड़मेर से खरताराम चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा इसी प्रकार जालोर सिरोही सीट पर देवाराम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परचा दाखिल किया है

एजेंसी के अनुसार आयोग ने मंत्रालय को पत्र भेजकर इस संबध में जानकारी देने को कहा है गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आयोग से नमो टेलीविजन के संबंध में शिकायत की थी

जयपुर में कल संभाग के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में श्री क्मार ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता की कड़ी पालना करवाने के भी निर्देश दिए

इसमें पिछले चुनावों और हालिया विँकास जैसे नयी पीढ़ी की ईवीएम मशीनों तथा भारतीय चुनाव आयोग की प्रमुख पहलों से संबंधित उपयोगी आंकड़ों का संकलन किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने कल यह हैंडबुक जारी की

कल से शुरू हुई कार्यशाला में पहले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनांश पाण्डे और विधायक मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया

कार्यशाला में विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर रहे बूथों को मजबूत बनाने पर फोकस किया गया

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन डॉ अर्चना शर्मा ने बताया इस जनसभा को पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी संबोधित करेंगे

सीकर में धोद की ग्राम पंचायत बिड़ोली और तगेलान में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली बनाई गई

कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्य न्यायधीश प्रदीप नान्द्रजोग कें बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के कारण उनकी नियुक्ति की गयी है

कल जारी एक रिर्पोट में बैंक ने कहा कि उपभोग बढ़ने पर भारत की विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष में सात दशमलव दो प्रतिशत रहने की संभावना है

इस प्रशिक्षण के बिना विकेताओं को लाईसेंस नहीं दिया जयेगा ये प्रशिक्षण इस महीने से शुरू किये जायेंगे

हमारे संवाददाता ने बताया कि अजमेर संभाग की यह सबसे बडी कार्रवाई बताई जा रही है

कार्यशाला में दवाओं की खोज के बारे में बताया गया

इन तीनों ही ट्रेनों का संचालन गर्मियों के दौरान किया जायेगा